वे स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे

मंत्रालय ने कहा कि इस तरह प्रतिदिन लगभग एक लाख घरों में नल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने कोरोना और भरमौर में जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला के शब्द हैं कोरोना के खतरे से बाल बाल बचे सीएम जयराम और उनका कार्यालय दिव्य हिमाचल का शीर्षक है सीएम से मिलने आए मेहमानों का ड्राइवर निकला पॉजीटिव

अमर उजाला ने लिखा है भरमौर में गिरी जीप चालक समेत पांच युवकों की मौत चार जख्मी

दैनिक भास्कर का शीर्षक है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए अब ऑनलाइन आवेदन भी